मुख्यमंत्री ने कहां प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी तक विकास योजनाओं का पहुंचा रही है लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल चौंतीस अहम फैसलों को मंजूरी दी गई सरकार ने उन ग्राहकों को बड़ी राहत दी जिनके मकान अभी भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा के इलाके में भवन निर्मातओं की लापरवाही की वजह से नहीं मिल सके हैं मंत्रिमंडल ने ऐसी जमीनों को जिनमें कोई विवाद है और उसकी वजह से भवन निर्माण में देरी हई है उसमें विल्डर्स से देरी की वजह से लिया जाने वाला सरचार्ज माफ करने का फैसला किया है लेकिन बिल्डर्स को इस सरचार्ज का फायदा अपने ग्राहकों को देना होगा कैंविनेट ने प्रोजेक्ट फंसे होने की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया है लेकिन इस घोषणा का लाभ उन्हीं बिल्डर्स को मिलेगा जो दो हजार इक्कीस तक अपने प्रोजेक्टस पूरे करके ग्राहकों को कब्जा दिये जाने की जानकारी सरकार को देंगे कैबिनेट के इस फैसले से दो हजार इक्कीस तक लगभग एक लाख परिवारों को घर मिलने की उम्मीद जगी है मंत्रिपरिषद के निर्णय में प्राइवेट जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की भर्ती और सेवाशर्तो में संशोधन का प्रस्ताव शामिल हैं अब अध्यापक भर्ती के लिये टीईटी पास होना जरूरी होगा इसके साथ ही आय् सीमा इक्कीस से चालीस वर्ष की गयी है तथा स्नातक में पचास प्रतिशत अंक भी अनिवार्य कर दिये गये हैं एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में डिफेंस कॉरीडोर में निवेश करने वाली कम्पनियों को जमीन में पच्चीस फीसदी और स्टाम्प इयूटी पर सौ फीसदी सब्सिडी दिये जाने को मंजूरी दी गई इसके अलावा जिन स्थानों पर यह कम्पनियां निवेश करेंगी वहां पर सड़क पानी और बिजली जैसी आधारमूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार करेगी इस तरह की सुविधाएं देने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बन गया है एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने पॉवरलूम बुनकरों को हर माह दी जाने वाली सब्सिडी में बदलाव करते हुए एक हार्सपॉवर के पावरलूम को हर महीने दो सौ चालीस यूनिट बिजली साढ़े तीन रूपये प्रति यूनिट की दर से देने और आवे हार्स पॉवर वाले पावरलूम को इसी दर पर एक से बीस यूनिट बिजली की सक्सिडी देने का फैसला किया है इसके साथ ही सरकार इन्हें सोलर पैनल पर भी सक्सिडी देगी बैठक में नोएडा से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक की लगभग पन्द्रह किलोमीटर की मेट्रो परियोजना के लिये छब्बीस सौ बयासी करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी गई मंत्रिमंडल ने नये पेट्रोल पम्पों से जुड़ी नीति को भी मंजूरी दे दी जिसे लोकनिर्माण विभाग संचालित करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज गांवों में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें लोगों को राशन कार्ड भी दल और चेहरा देखकर देती थीं लेकिन आज सभी को पात्रता के हिसाब से योजनाओं का लाम दिया जा रहा है मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में पीपीगंज मेंहदावल मार्ग पर राप्ती नदी पर बने पुल का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे बढ़या गठर पुल के शुरू हो जाने से गोरखपुर और संतकबीरनगर के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और संतकबीरनगर के लोग कई दशकों से बढ़या ठाठर पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे जो आज पूरी हो गई मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार आया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर वै राज्य में कानून व्यवस्था दुरूस्त की इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज था पर अब उनकी सरकार देवरिया बस्ती कुशीनगर और सिद्वार्थनगर में भी मेडिकल कालेज बना रही है श्री योगी ने कहा वर्ष दो हजार सोलह तक प्रदेश में मात्र बारह मेडिकल कालेज थे उनकी सरकार आने के बाद पिछले तीन साल में उन्तीस नए मेडिकल कालेज बने हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बन्द पड़े उद्योगों को फिर से संचालित कर रही है उन्होंने कहा कि छब्बीस वर्षों से बन्द गोरखपुर का खाद कारखाना अगले वर्ष तक शुरू हो जायेगा जिससे हजारो लोगों को रोजगार मिलेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और संतकबीरनगर जिले में एक सौ अस्सी करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का लक्ष्य विद्यार्थियों को रोजगारपरक और मूल्य आधारित शिक्षा देना होना चाहिए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए जिनसे छात्र छात्राएं रोजगार प्राप्त कर सकें श्रीमती पटेल कल जौनप्र में वीर बहाद्र सिंह प्र्वाचल विश्वविद्यालय के तेईसवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं उन्होंने विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करने का आह्वान करते हुए कहा कि बुलंदी पर पहुंचना तो आसान है लेकिन उस पर ठहरना कठिन उन्होंने कहा कि बुलंदी पर बने रहने के लिए कठिन परिश्रम और अपने हुनर को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक है श्रीमती पटेल ने कहा कि देश की नई तस्वीर गढ़ने की जिम्मेदारी युवओं की है उन्होंने युवाओं से सामाजिक कार्यो में भी रूचि लेने का आह्वान किया राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों को गांवों को गोद लेकर ग्रामीणों को स्वच्छता स्वास्थ्य क्पोषण आदि के बारे में जागरूक करना चाहिए श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की जनता को स्वस्थ व निरोगी रखने के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी केन्द्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए इसकी भण्डारण सीमा में बदलाव किया है खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा घटाकर पांच टन और थोक व्यापारियों के लिए पच्चीस टन कर दी गई है ये निर्णय खुले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया गया है उपमोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि ये संशोधित सीमा आयातित प्याज पर लागू नहीं होगी इससे पहले खुदरा व्यापारियों को दस टन और थोक व्यापारियों को पचास टन प्याज के भण्डारण की अनुमति थी

यह जानकारी उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी श्री पासवान ने बताया कि इस अधिनियम के तहत पात्र परिवार या लाभार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य की राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए वे एक देश एक राशन योजना के तहत किसी भी उचित मूल्य की राशन की दुकान से ईपीओएस उपकरण पर बायोमीट्रिक या आधार प्रमाणीकरण के बाद अपने राशनकार्ड से राशन खरीद सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है इनमें वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार वन सचिव कल्पना अवस्थी और होमगार्ड के महानिदेशक जीएल मीणा शामिल हैं इसके अलावा प्रदेश सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कल बारह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले भी कर दिये

वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी और उच्चकोटि के विद्वान थे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित परिसंघ ने रेलवे की ग्रुप डी की भर्तियों को पारदर्शिता और निष्पक्षता तथा दिव्यांगों के साथ न्याय करने के लिए एनडी ए सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार व्यक्त किया है नई दिल्ली में कल परिसंघ के महासचिव एस के रूंगटा ने सरकार से दिव्यागो के लिए आरक्षित एक प्रतशित रिक्त पदों से अधिक पदों पर नियुक्ति करने की लोकोमोटर दिव्यांगों की मांग नहीं मानने का अनुरोध किया